प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढोतरी जारी

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को सितम्बर तक परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है सुरक्षा विद्यार्थियों की प्रगति और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने तय किया है कि इंटरमीडिएट अंतिम सत्र के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशानिर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा यूजीसी ने यह भी तय किया् है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर में होगी जो कि पहले जुलाई में होनी थी राज्य सरकार ने लॉकडाउन और विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लगभग दो करोड छात्र छात्राओं को मिड डे मील के बदले राशि और अनाज देने का फैसला किया है मध्याहन भोजन योजना के निदेशक कुमार रामानुज ने बताया कि मई जून और जुलाई महीने के लिए पहली से पांचवीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को आठ किलो अनाज और तीन सौ अंठावन रूपये दिये जायेंगे जबकि छठी से आठवीं तक के छात्र छात्राओं को बारह किलो खाद्यान्न और पांच सौ छत्तीस रूपये दिये जायेंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है मिड डे अनाज विद्यार्थी के संरक्षक को दिया जायेगा जबकि राशि उनके खातों में भेज दी जायेगी प्रदेश के उनतीस जिलों में दो सौ छिहत्तर नये व्यक्तियों में कोरोना वायरस की प्रष्टि के बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर बारह हजार एक सौ चालीस हो गयी है कल सबसे अधिक पटना में पचपन व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है

अब तक नौ हजार चौदह कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं स्वस्थ्य होने वाले मरीजों की दर चौहत्तर दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गयी है इस बीच विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद विधान परिषद कार्यालय को संक्रमण मुक्त करने के लिए दस जुलाई तक बंद कर दिया गया है इधर जदयू के नवनिर्वाचित एमएलसी गुलाम गौस और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पायी गयी है वहीं एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में मास्क नहीं पहनने वाले एक हजार एक सौ उनतालीस लोगों से लगभग संतावन हजार रूपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये मुजफ्फरपुर जिले में कोरोन के बढ़ते मामलों के चलते सदर थाना को सील कर इस दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है एसएसपी ने जिले के सभी थाना कर्मियों की कोरोना जांच के आदेश दिये हैं इधर जिले के जुड़न छपरा इलाके में बीस से अधिक चिकित्सक और अन्य लोगों के संक्रमित होने के बाद इस क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है ऑनलाक टू के दौरान भीड़ जमा होने से रोकने की जिम्मेवारी जिलाधिकारियों को सौंपी गयी है इस संबंध में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि भीड़ जमा नहीं हो इसकी निगरानी के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायु के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं हवा में मौजूद कणों के माध्यम से कोविड उन्नीस के प्रसार के बारे में बत्तीस देशों के दो सौ उनतालीस वैज्ञानिकों के शोध के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन में संक्रमण से बचाव और नियंत्रण सम्बंधी तकनीकी टीम की ओर से ये बयान आया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने लोगों से पूरी सुरक्षा बरतने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि हवा के जरिए फैलने वाला संक्रमण भी वायु में ज्यादा देर तक नही रह सकता श्री मांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही कोविड संक्रमण के सम्पर्क में आने की आशंका महत्वपूर्ण रूप से कम की जा सकती है

उसे नियमित रूप से उसका पालन करे ये काफी होगा

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड उन्नीस महामारी के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है ताजा कड़ी में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचन्द बजाज ने सुरक्षित दूरी अपनाने पर जोर दिया

कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना हैऔर जब निकलना भी पड़े घर से बाहर तो कोशिश करे तो जहां आप दोलोग खड़े है करीब दो मीटर दूर खड़े रहे नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहे दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस के बहुत कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है

देश में कोविड उन्नीस महामारी के बाद से अब तक एक करोड़ नमूनों की जांच की महत्वपूर्ण उपलबधि प्राप्त की गई पहले प्रतिदिन एक सौ से भी कम नमूनों की जांच की जा रही थी कुछ ही महीनों में इसमें कई गुणा वृद्धि हुई यह सब अनुसंधान संस्थान मेडिकल कॉलेज जांच प्रयोगशालाओं मंत्रालयों एयर लाइंस और डाक सेवाओं सहित विभिन्न पक्षों की समर्पित टीम के प्रयासों से ही संभव हुआ पिछले चौबीस घंटे के दौरान देशमें तीन लाख छियालीस हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई

इस स्थिति से प्रमावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने टेस्ट ट्रेक ट्रीटकी रणनीति अपनाई है ताकि महामारी का जल्द से जल्द पता लगाकर रोकथाम के लिए उचित कदमउठाये जा सके

इस साल जनवरी में भारत ने पूणे के नेशनलइंस्टीटच्चूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस की जांच के लिए केवल एक परीक्रण प्रयोगशालाथी

इसके अलावा भारत उच्च गुणवत्ता कम लागत वाले परीक्षण स्वेबका भी उत्पादन कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड समय मेंलाखों स्वेब का उत्पादन हुआ है वो भी आयातित स्वेब के मुकाबले में वेहद किफायती दामोंपर हालांकि इन कदमों के बावजूद भारत जैसे बड़े देश में परीक्षण तक पहुंच एक बहुत बड़ीचुनौती वनी हुई है इससे निपटने के लिए आईसीएमआर ने देश के विभिन्न हिस्सों में परीक्षणकी पहुंच और उपलब्यता को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त परीक्षण विधियों को शामिल करनेका सुझाव दिया है भूपेंद्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर सात लाख उन्नीस हजार छह सौ पैंसठ हो गई है वहीं देश भर में अब तक चार लाख उनतालीस हजार नौ सौ अड़तालीस रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या बीस हजार एक सौ साठ हो गई है आयकर विभाग ने कोरोना महामारी के कारण आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख अगले साल इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है पहले यह समय सीमा तीस जून दो हजार बीस तक निर्धारित थी बिहार विधान सभा के लिए होने वाले चुनाव में कोरोना मरीज पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजुनाथ कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की सुविधा पैंसठ साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगजनों को भी प्रदान किया है उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में लोक प्रतिनिधि अधिनियम उन्नीस सौ इक्यावन की धारा उनसठ के तहत यह प्रावधान किया है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज अररिया किशनगंज पूर्णिया भागलपुर और कटिहार में भारी बारिश हो सकती है जबकि दक्षिण पूर्व और मध्य बिहार के कई हिस्सों में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व झारखंड और दक्षिण बिहार के ऊपर चकवाती विक्षोभ के साथ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण लगातार बारिश होने की संभावना है नेपाल में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है बागमती कमला बलान और महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी ये खतरे के निशान से नीचे है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बागमती रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से सैंतालीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से पन्द्रह सेंटीमीटर और महानंदा पूर्णिया में खतरे के निशान से चौदह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है भागलपुर में गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि बिजली से लोगों की जान जाने की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके देश के कई भागों में बिजली गिरने से लोगों की जान जाने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एनडीएमए के सदस्य कृष्ण वत्स ने बिजली गिरने के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी

बस लेट जाना जमीन पर और नहीं तो दूसरी कहीं अलग बगल में किसी इमारतमें संरक्षण लेना ये मुख्य उपाय हैं खुले मैदान में थोड़ा उससे बचना चाहिए कोई वैसी एक्टीविटीहो रही है आकाश में दिख रहा है कि वज्रपात होने की संभावना है दरभंगा हवाई अड्डा आगामी दिसम्बर से यात्री विमानों की उड़ान के लिए तैयार हो जायेगा जल संसाधन मंत्री संजय क्मार झा ने नागरिक उड़डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी से मुलाकात के बाद ट्वीट कर यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि श्री पूरी ने एयरपोर्ट ऑथोरेटि ऑफ इंडिया के चेयरमैन को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिये हैं पटना उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सिर्फ दो वर्षीय डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया सारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य घायल हो गये सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र में शराब पीकर हंगामा कर रहे मधेपुरा जिला परिवहन कार्यालय के प्रधान लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने गलवान घाटी से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है चीन ने गलवान से पांव पीछे हटाये दैनिक जागरण ने जिनोजित शिक्षकों की सेवा शर्त से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है शिक्षकों की नयी नियमावली अगस्त से हो सकती है लागू दैनिक भास्कर ने देवघर में पचहत्तर हजार से अधिक भक्तों के ऑनलाईन दर्शन से ज़्ड़ी खबर को अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है प्रभात खबर लिखता है जस्टिस विनोद बने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढोतरी जारी